मौसम विभाग ने हरियाणा में आज और आने वाले क्छ दिनों में कही कही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता कर रहे है अपने शुरूआती टिप्पणियों में श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मंत्री को प्रा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है हाल के आम च्नावों को द्रनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अभ्यास के रूप में याद करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिये सभी के लिये काम करने का समय है उन्होंने कहा कि गरीबी सूखा बाढ़ प्रदूषण भ्रष्टाचार एवं हिंसा के खिलाफ सामहिक लड़ाई लड़नी होगी

महानिदेशक ने तत्काल प्रभाव से हर वर्ग के कर्मचारियों की हर तरह से छ्ट्टी रदद कर है शल्य चिकित्सकों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक दवाओं उपभोग सामग्रियों तथा

पंचकल्ग से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है पश्चिमबंगाल क डाक्टरों पर हये हमले के विरोध में ही हरियाणा के डाक्टरों द्वारा हड़ताल का आहवान किया जा रहा है देश की सभी नदियों को जोड़ने की वाजपेई सरकार योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये मोदी सरकार ने इस तरफ गंभीरता से प्रयास श्रू कर दिया है यम्नानगर में पत्रकारों से बात करते हये केन्द्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि देश की सभी नदियों को जोड़कर एक किया जायेगा ताकि भविष्य में कहीं अधिक सुखा और कही अधिक बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न न हो उन्होंने कहा कि सरकार दवारा नल से जल योजना श्रू की जा रही है और प्रदेश व देश के सभी नागरिकों को स्वच्छ जल मिले

उन्होंने कहा कि गंगा व यम्ना के श्द्विकरण के लिये जहां कृछ परियोजनाओं पहले से काम कर रही है वहीं इसमें कृछ और नई परियोजनाओं भी जोड़ी जा रही है उन्होंने कहा कि यमुनानगर में स्थित हथनीक्ंड बैराज को अवैध खनन से नुकसान न पह्ंचे इसके लिये भी हर तरह से कदम उठाये जा रहे है

बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही करवाई की गई और ब्क डिपो के मालिक को ब्लाया गया

मौसम विभाग के अन्सार आज एवं आने वाले क्छ दिनों में प्रदेश मे कहीं कहीं हलकी से मध्यम बारिश भी हो सकती है

उन्होंने नालों की सफाई के बाद उनके क्कन ख्ले छोडने पर फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में सफाई कर्मचारी सफाई पूरी करते ही उनके क्कन रखें आज स्बह म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने निगम के कार्यकारी अधिकारी विक्रम सिंह सफाई निरीक्षक जितेंद्र नरवाल सितेंद्र दहिया के साथ शहर के विभिन्न मार्गों पर चल रही नालों की सफाई का औचक निरीक्षण भी किया और कहा कि निगम अधिकारी नालों की सफाई व्यवस्था को कराने में गंभीरता बरतें और लगातार इसकी निगरानी भी करें

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की श्रूआत पर मन की बात कार्यक्रम का यह पहला संस्करण होगा